उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मुख्य सचिव के आदेश पर स्टेट डिरेक्टवेस के तहत जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का कल देर रात का ऐलान किया लॉकडाउन की अवधि में दुमका जिला के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक राजनैतिक खेलकृद मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधि और मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं किया जाएगा इन निर्देशो का पालन नहीं करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी जमशेदपुर सतर्क पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जमशेदपुर के सभी मुख्य चिकित्सकों के साथ एक बैठक हुई उसके बाद वीडियो संदेश देकर कोरोना से बचने के उपाय बताए

वहीं गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने बताया कि जिले में छह नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए गोड्डा सिविल सर्जन ने पीएमसीएच धनबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि हुई

इसमें एक पुलिस पदाधिकारी एक आईआरबी जवान और नौ सीआरपीएफ जवान शामिल हैं

उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि कल देर रात हुई

परीक्षा परिणाम दोपहर तीन बजे जारी किए जाएंगे आईसीएसई बोर्ड की बेवसाइट के अलावा एसएमएस के जरिये भी छात्र नतीजे और प्राप्तांक जान पाएंगे

याोजना के तहत जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनके अंको का निर्धारण उस विषय में तीन बेहतर प्राप्तांकों के प्रति ात के आधार पर आकलन होगा

जिले में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतगर्त औसतन एक गांव में पांच परियोजनाएं चलाई जा रही है

सुजीत कुमार की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत में रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया अदालत ने इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार से जबाब मांगा है मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी सोशल मीडिया केन्द्र सरकार ने मीडिया में आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा परिणामों की तिथि घोषित कर दी है और इसके लिए तीन वेबसाइट सूचीबद्ध की है पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई ने अब तक परीक्षा परिणामों की कोई तिथि घोषित नहीं की है पीआईबी ने कहा कि तिथियों की घोषणा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर की जाएगी

यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जायेगी

अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से यह हादसा हुआ गोड्डा जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के कुसुम घाटी गांव में वजपात से दो युवतियों की मौत हो गई है

दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रषासन के कड़े रूख और कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी गई है वहीं राज्य में कोरोना की जांच के लिए चिकित्सक की पर्ची जरूरी नहीं होने की की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाषित किया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और विधायकों के होम क्वांरटाइन होने और आवास से ही काम निपटाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है

अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास द्बे की गिरफ्तारी और देष में चौबीस घंटे में बीस हजार कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की खबर को प्रमुखता से छापा है